ने केन्द्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया

उन्होंने आज सुधारात्मक कार्यों पर फोकस करते हुए सात घोषणाएं कीं जिसमें मनरेगा स्वास्थ्य शिक्षा कारोबार कंपनीज एक्ट ईज ऑफ ड्इंग बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम शामिल है उन्होंने नयी दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले चार दिनों में छोटे उद्योगों किसानों प्रवासी मजदूरों और सुधारात्मक कार्यों पर जोर दिया गया है आज आखिरी किश्त का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हम बहुत अहम पड़ाव पर हैं आपदा के समय भारत के लिए ये एक मौका है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत के मकसद से भूमि लेबर लिक्विडिटी और कानून इन सभी पर राहत पैकेज में ध्यान दिया गया है लॉकडाउन घोषित होते ही हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाए हमने जरूरतमंदों को अगले तीन महीने के अनाज की व्यवस्था की वित मंत्री ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद एफसीआई नैफेड और राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरो को खाने की व्यवस्था की जो प्रवासी घर नहीं जा सकते थे उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई

बीस करोड़ जनधन खातों में दस हजार पच्चीस करोड़ रुपए पहुंचाए गए वित मंत्री ने कहा कि दो करोड़ बीस लाख भवन निर्माण कामगारों के खाते में सीधे रकम पहुंचाइ गई बारह लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाताधारकों को फायदा पहुंचाया गया उन्होंने कहा कि हमने खाद्यान रसोई गैस के जरिए लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो मुफ्त दाल और चावल अगले दो महीने के लिए बढ़ाया गया ट्रेन में यात्रा के दौरान भी लोगों को खाना दिया गया हमने लोगों की जिंदगी को प्राथमिकता दी

उन्होंने यह भी कहा कि कोविड संकट में षिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं हो इसका ध्यान रख रहे हैं

पिक्षक और छात्र के बीच लाइव सेशन किए जा रहे हैं निजी डीटीएच सेवा प्रदाता भी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं उन्होंने कहा कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा यह स्कूली षिक्षा के लिए होगा कक्षा एक से बारहवीं तक प्रति क्लास एक चैनल होगा उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली षिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी

इन निर्देशों में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में निगरानी रोकथाम और नैदानिक प्रबंधन संबंधी उपाय शामिल है

यह भी कहा गया है कि ज्यादातर शहरों और कस्बो में कोरोना की निगरानी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों जैसी संगठित नहीं है दिशा निर्देश में बताया गया है कि निगरानी और संपर्क की जानकारी से संबंधित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा इसमें स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालयों ए एनएम आशा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों सफाई कर्मचारियों सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवकों और अन्य स्वयं सेवकों की पहचान करना शामिल है

सुरक्षित दूरी बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती होगी क्योंकि बहुत से लोग कम जगहों में रह रहे हैं निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी वैकल्पिक या अस्थाई स्थानों पर ले जाने के लिए आपात योजना भी तैयार की जानी चाहिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राजधानी राँची देश के समक्ष कोरोना से इस जंग में एक रोल मॉडल बन कर उभरी है उन्होंने कहा है कि इसका पुरा श्रेय रांची जिला प्रशासन चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों पुलिसकर्मियों सफाई कर्मियों और बिना स्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही समाजसेवी संस्थाओं को जाता है श्री सोरेन ने कहा है कि न सिर्फ रांची ने कोरोना से जंग जीती है बल्कि सामाजिक सौहार्द की भी अनूठी मिसाल कायम की है देश के विभिन्न शहरों की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामले में रांची का रिकवरी रेट सबसे अधिक है रांची में कोरोना संक्रमण के एक सौ तीन मामले मिले जिसमें तेरासी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं मरीजों के स्वस्थ्य होने की यही गति रही तो रांची आनेवाले क्छ ही दिनों में रेड जोन से बाहर हो जाएगा

चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है इस महीने की बारह तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पूर्ण बंदी का चौथा चरण नये नियमों के साथ पुरी तरह से अलग होगा उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णे बंदी के बारे में अठारह मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी पूरे देश में पच्चीस मार्च से लॉकडाउन लागू है पहली बार तीन मई तक और उसके बाद सत्रह मई तक लॉकडाउन में विस्तार किया गया था इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिषा निर्देष जारी होने के बाद लॉकडाउन चार का फैसला लिया जायेगा केंद्र के दिषा निर्देष की समीक्षा के बाद राज्य में छूट देने पर विचार किया जायेगा राज्य में कल मिले दो कोरोना पॉजिटिव के बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर दो सौ सत्रह हो गयी है इसमें एक सौ तीन रांची के हैं कल मिले दो कोरोना संक्रमितों में एक इटकी रांची का है वहीं दुसरा गढवा का है राज्य के लिए अच्छी खबर यह है कि अबतक एक सौ तेरह कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केसों की संख्या एक सौ एक है रांची जिले में एक सौ तीन संक्रमितों में तिरासी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं वहीं दो मरीजों की मौत हुई है वर्तमान में जिले में अठारह कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है इधर झारखंड की उप राजधानी दुमका भी कल कोरोना मुक्त हो गया जिले में पांच मई को दो मरीज मिले थे जो इलाज के बाद ठीक हो गये सिमडेगा जिले में कोरोना संकमण को लेकर संदिग्धों की लगातार जांच करायी जा रही है

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा भौगोलिक सुचना प्रणाली जीआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाए उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी यह प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क में भी मदद करेगी

इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी तथा उनके प्रस्थान और गंतव्य जिले तथा यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी श्री भल्ला ने कहा कि राज्य मालूम कर सकेंगे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं संक्रमितों के संपर्क में आने वाले का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता ळें विषेष श्रमिक ट्रेन से मजदूरों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है आज भी कई प्रदेषों से मजदूरो को लेकर विषेष श्रमिक ट्रेन अलग अलग जिलों में पहुंची बेंगलुरु से तेइस जिलों को ग्यारह सौ पचपन प्रवासी मजदूरों को लेकर विषेष ट्रेन कोडरमा पहुँची जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद फूड पैकेट और पानी की बोतल उपलब्ध कराया गया इसके बाद सभी प्रवासियों को बसों से अपने अपने गृह जिला के लिए रवाना किया गया इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर नागपूर से श्रमिक स्पेषटल ट्रेन हटिया पहुंची वहीं राजधानी दिल्ली से यात्रियों को लेकर भी एक ट्रेन रांची पहुंची आज शाम साढ़े पांच बजे रांची से एक ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिये रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों से फंसे श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के जरिये रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में प्रत्येक जिले से जानकारी मिलने के बाद रेलवे इन रेलगाड़ियों के परिचालन को दिशा में कार्रवाई करेगा रेल मंत्रालय ने कहा कि अब तक रेलवे पंद्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुका है इसके लिये लगभग एक हजार एक सौ पचास श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे इससे दोगुनी संख्या में प्रवासियों को प्रतिदिन आसानी से ले जा सकता है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

इससे ओडिषा और बंगाल के क्छ जिलों में मंगलवार और बुधवार को बारिष का अनुमान है वहीं मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के चाईबासा देवघर दुमका साहिबगंज और गोड्डा जिले में इसका क्छ असर देखा जा सकता है